प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार कुछ स्थानों पर घना कोहरा और उत्तरी भागों में अधिक ठंड की संभावना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

विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज छर्षै क द्वारा राजस्थान सहित देशभर में प्रभावित राज्यों में पक्षियों में संक्रमण पाए जाने के बाद यह सुझाव दिया है बर्ड फ़लू से गैर प्रभावित राज्यों में पक्षियों की असामान्य मृत्यू पर सतर्कता बरतने और तुरंत रिपोर्ट भेजने को कहा गया है ताकि समय से आवश्यक उपाय किए जा सकें

उन्होंने कहा कि फिलहाल मुर्गियों में बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि नहीं हुई है और मुर्गीपालन व्यवसाय पूरी तरह सुरक्षित है हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी बर्ड पलू की पुष्टि हुई है बीकानेर से एक मृत कौवे के भक्षण के बाद चार जानवरों की मृत्यु की खबर है हालांकि ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी ने कौवे में बर्ड फलू होने और उसके शव से कृत्तों में यह रोग फैलने की आशंका से इनकार किया है

कल प्रदेश में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के समाचार नहीं है

तीन जिलों चूरू धौलपुर और सवाई माधोपुर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है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

चयनित संदेशों को आगामी ब्रलेटिनों में शामिल किया जाएगा

आज का प्रश्न है क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी इसका जवाब है सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है पहले समूह में हेल्थकेयर और फ़ंटलाइन वर्कर शामिल हैं

इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा

वकील और पक्षकार अदालत में पेश होने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुकदमों में पैरवी कर सकते हैं हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना के मरीजों की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए पूर्व के सभी दिशा निर्देशों को स्थगित कर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

सुनवाई के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा इसके अलावा वकीलों को प्रवेश भी केवल ई पास जरिए ही मिलेगा

नीति आयोग ने कल इस चर्चा का आयोजन किया था परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत थे कि विकास के उच्च मानक अपेक्षा से पहले ही एक मजबूत आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों के सुझावों की सराहना की और राष्ट्रीय विकास एजेंडा तय करने में ऐसे विचार विमर्श के महत्व पर जोर दिया उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन के साथ ही सरकार ने सुधारों पर आधारित प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है जो कृषि वाणिज्य कोयला खनन और श्रम कानूनों में हुए ऐतिहासिक सुधारों में दिखता है

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस एक दिवसीय सम्मेलन का वर्चअल उदघाटन करेंगे उद्घाटन सत्र को सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी संबोधित करेंगे सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के भाषण से होगा इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान

भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है

तेज ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं

कल तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट का भी पूर्वानुमान है